उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता का बयान नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में बंद कमरे में किया गया दर्ज पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही वर्षा के चलते प्रदेश की कई नदियां उफान पर प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य जारी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार प्रकृति और आर्थिक विकास में संतुलन बनाते हुए मजबूत और नये भारत की ओर बढ़ रही है पर्यावरण और पशुधन हमेशा से भारत के आर्थिक विंतन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है यही कारण है कि चाहे स्वच्छ भारत हो जल जीवन मेरान हो या फिर कृषि और पशुपालन को प्रोत्साहन प्रक्रति और आर्थिक विकास में संतलन रहकर ही हम सशक्त और नये भारत के निर्माण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि पशुपालन और इससे संबंधित व्यापार की किसानों की आमदनी बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका है उन्होंने कहा कि पशुपालन मत्स्य और मधुमक्खी पालन में किए गए निवेश से किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होती है प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले पांच साल में सरकार ने खेती से जुड़े अन्य विकल्पों पर नया द्रष्टिकोण अपनाया है उन्होंने कहा कि भारत में डेयरी क्षेत्र का विस्तार करने के लिए नवाचार और नई तकनीकों की जरूरत है प्रधानमंत्री ने सबसे आग्रह किया कि वे इस वर्ष दो अक्टूबर से अपने घरों कार्यालयों और काम करने के स्थानों को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करें उन्होंने गांवों में काम कर रहे स्वसहायता समूह नागरिक समाज सामाजिक संगठन युवा संगठन महिलाओं के समूह क्लब स्कूल और कॉलेजों तथा सरकारी और निजी संस्थानों से इस अमियान में हिस्सा लेने का आग्रह किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज मथुरा में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरूआत की इसका उदेश्य पशुओं में खुरपका मुंहपका और ब्रूसेलोसिस रोगों का उन्मूलन करना है कार्यक्रम के तहत पचास करोड़ से ज्यादा पशुओं को टीके लगाए जाएंगे जिन पशुआँ का टीकाकरण हो जायेगा उनको पशु आधार यानी यूनीक आईडी देकर कानों में टैग लगाया जायेगा पशुआँ को बकायदा स्वास्थ्य कार्ड भी जारी किया जायेगा हमारा पशुधन स्वस्थ रहे पोषित रहे और पशुआं की नई और उत्तम नर्स्लां का विकास हो इसी रास्ते पर चलते हुए हमारे पश्चपालकों की आय भी बढ़ेगी यह कार्यक्रम दो हजार चौबीस तक जारी रहेगा और इस पर लगभग तेरह हजार करोड़ रुपये की लागत आएगी इस अवसर पर राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाघान कार्यक्रम और बाइगढ़ वीर्य केन्द्र की भी शुरूआत की गई मथुरा यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम की शुरूआत की इससे पहले प्रधानमंत्री पंडित दीन दयाल उपाय्याय पर्रु आरोग्य मेला देखने गए प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद विश्व के लिए खतरा बन गया है और इसकी गहरी जड़ें हमारे पड़ोस में हैं उन्होंने कहा कि भारत किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्वम है श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है और यह एक विचाखारा बन गया है यह किसी भी राष्ट्र की सीमा में बंधा हुआ नहीं है श्री मोदी ने कहा कि विश्व ग्यारह सितम्बर के आतंकी हमलों से कांप गया था यह वही दिन था जब एक शताब्दी पहले स्वामी विवेकानंद ने विश्व शांति का संदेश दिया था कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्रीय पश्पालन डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज रिंह केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत प्रदेश सरकार के दुग्ध विकास पशुधन एवं मत्स्य पालन मंत्री लक्ष्मी नारायण चौघरी रूर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा मथुरा की सांसद हेमा मालिनी सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे प्रघानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आईआईटी के विद्यार्थियों से प्लास्टिक का सस्ता विकल्प दूढ़ने की चुनौती स्वीकार करने की अपील की है श्री मोदी ने कल मथुरा में स्टार्ट अप ग्रांड चैलेंज योजना की शुरूआत करते हुए कहा कि आईआईटी के विद्यार्थी इस चुनौती से जुड़े और समस्या का समाधान दें उन्होंने कहा कि छात्र नए विचारो के साथ आगे आएं सरकार उस पर गम्मीरता से विचार करेगी और जरूरी निवेश करेगी प्रघानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि ये नवाचार हमारे ग्रामीण समाज से भी आयें इसीलिए आज स्टार्ट अप ग्रांड चैलेंज की शुरूआत की जा रही है प्रघानमंत्री ने कहा कि प्लास्टिक की समस्या समय के साथ गम्मीर होती जा रही है प्लास्टिक को खाने से पश्नों एवं जलीय जीवों का जीवन खतरे में पढ़ रहा है श्री मोदी ने कहा कि एक बार उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक से छटकारा पाना ही होगा इससे पूर्व प्रवानमंत्री श्री मोदी के समक्ष पशु आरोग्य मेले में चिकित्सकों ने गायों का ऑपरेशन कर के उनके पेट से प्लास्टिक कचरा बाहर निकाला प्रघानभंत्री ने ट्वीट कर कहा कि हमें प्लास्टिक के उपयोग में अत्यंत साक्वानी बरतने की आक्स्यकता है इसके अलावा श्री मोदी ने आईआईटी के विद्यार्थियों से पश्कों के लिए हरे चारे की व्यवस्था हेतु नवाचार को बढ़ाने की भी अपील की

उन्होंने कहा कि श्री योगी के नेतत्व में प्रदेश सरकार स्वच्छता और स्वास्थ्य को तेकर गंभीर है श्री मोदी ने राज्य में प्रदेश सरकार द्वारा मस्तिष्क ज्वर बीमारी के विरूद्व उठाये गये कदमों की सराहना की इस अक्सर पर बोलते हुए श्री योगी ने कहा कि पिछले वर्षो में मस्तिष्क ज्वर से होने वाली मौतों में काफी कमी आयी है उन्होंने कहा कि स्वच्छता और जागरूकता के चलते बीमारी की रोकथाम काफी प्रमावी हुई है

उन्नाव दुष्कर्म मामले में कल नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में एक अस्थाई अदालत में पीड़िता का बयान दर्ज किया गया पीड़िता का बयान जिला जज धर्मेश शर्मा द्वारा दर्ज किया गया पीड़िता को अट्ठाईस जुलाई को एम्स में भर्ती कराया गया था दो हजार सत्रह में प्रदेश के उन्नाव जिले में एक नाबालिग लड़की के कथित यौन उत्पीड़न से जुड़े इस मामले में कूलदीप सिंह सेंगर आरोपी और शरी सिंह सह आरोपी हैं दिल्ली उच्च न्यायालय ने विगत शुक्रवार को एम्स में दृष्कर्म पीड़िता का बयान दर्ज करने को मंजूरी दी थी पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही वर्षा के चलते प्रदेश में कई नदियों का जलस्तर उफान पर है गंगा नदी कछला ब्रिज बदायूँ में खतरे के निशान से बीस सेंटीमीटर रूपर बह रही है वहीं शारदा नदी लखीमपुर खीरी के पलिया कला में खतरे के निशान के करीब है सरयू नदी अयोध्या और बाराबंकी के एल्गिन ब्रिज पर लाल निशान को पार कर गयी है बढ़ते जलस्तर के चलते जिला प्रशासन ने आस पास के क्षेत्रों में लोगों को सचेत कर दिया है साथ ही अयोध्या में जिलाविकारी ने सरयू नदी के प्रभावित गांवों में ग्राम आपदा प्रबन्ध समितियों को सक्रिय करने के निर्देश दिये है सिंचाई विमाग को लगातार तटबंबों की पेट्रोलिंग के आदेश दिये गये हैं पीलीमीत में शारदा नदी उफान पर है और तेजी से कटान कर रही है जिला प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य कराये जा रहे हैं प्रमावित क्षेत्रों में दैनिक उपयोग की वस्तुओं का वितरण कराया जा रहा है गोण्डा जिला चिकित्सालय में मात्र एक रूपये में डॉयलिसिस स्वास्थ्य सेवा की शुरूआत हो गयी है मुख्य चिकित्सा अवीक्षक डॉक्टर अरूण लाल ने बताया कि चिकित्सालय में दस बिस्तरों वाला डॉयलिसिस यूनिट शुरू किया गया है